प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आज एक स्मारक सिक्का जारी किया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 उन्होंने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनका आदर करते थे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 इस देश का तीन चार दशक का समय ऐसा हुआ कि अटल जी की वाणी भारत के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की वाणी बन चुकी थी अटल जी बोल रहे है मतलब देश बोल रहा है अटल जी बोल रहे है मतलब देश सुन रहा है अटल जी बोल रहे है मतलब अपनी भावनाओं को नहीं देश के जन जन की भावनाओं को समेटकर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वे धैर्य खो देते हैं अटल जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे लेकिन उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों की बात की और कभी इस पर समझौता नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि अटल जी लोकतंत्र को सर्वोच्च मानते थे

लोकतंत्र बड़ा कि मेरा दल बड़ा लोकतंत्र बड़ा कि मेरा नेतृत्व बड़ा इसका जब कसौटी का समय आया तो यह दीर्घ द्रष्टा नेतृत्व का सामर्थय था कि उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी

जिस जनसंघ को अपने खून पसीने से सींचा था ऐसे जनसंघ को जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना विलीन कर दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढियों को प्रेरणा देता रहेगा

अटल जी उसमें से एक हैं उस विविधता को बढ़ाने वाला एक विविधतापूर्ण व्यक्तित्व है उसको भी भारत के राष्ट्रीय जीवन में भारत के सामाजिक जीवन में भारत के राजनीतिक जीवन में वही स्थान उपलब्ध होना चाहिए और ऐसे अनेकों को उपलब्ध होना चाहिए और वही देश को समृद्ध करता है आने वाली पीढियों को प्रेरणा देता है पीढियो को इस रास्ते से चलूं या उस रास्ते से चलूं इसका लेखा जोखा करने का अवसर मिलता है और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढियों को सार्वजनिक जीवन के लिए व्यक्ति के जीवन के लिए राष्ट्र जीवन के लिए समर्पण भाव के लिए वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई जायेगी प्रदेश में कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की जयन्ती सुशासन दिवस के रूप में मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी का ही सपना था स्वच्छता अटल जी की प्राथमिकता थी सुचिता अटल जी की एक इच्छा थी सरकार ने तीनों पर काम किया है वहीं कल क्रिसमस के त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह है इसाई समुदाय के लोग बाजारों में विशेष खरीददारी करते देखे गये कुशीनगर तथा अन्य शहरों में चर्चो तथा इसाई मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का फैसला किया गया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे इस बोर्ड की हर तीन महीने पर बैठके होंगी और इसका कार्य व्यापारियों के बीच जीएसटी को लेकर होने वाली दिक्कतों और सुझावों को सरकार तक पहुंचाना होगा बोर्ड में तीन उपाध्यक्ष ग्यारह गैर सरकारी सदस्य और नौ मंत्रालयों के सदस्य होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जायेगा मंत्रिमंडल ने आज कुल छह फैसलों को मंजूरी दी जिसमें एक अहम फैसला पुलिस कर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के लिये असाधारण पेंशन का है सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान किसी चोट की वजह से कोमा में जाने वाले पुलिस कर्मियों को असाधारण पेंशन देने का फैसला किया है जिसके तहत उन्हें सेवानिवृत्त होने तक पूरा वेतन दिया जायेगा इसके अलावा सरकार ने पूर्वांचल और बुन्देलखंड के विकास के लिये भी बोर्ड गठित करने का फैसला किया है

एक सौ इकहत्तर करोड़ की छूट के साथ कुल छह सौ सत्तासी करोड़ मूल्य की भूमि कम्पनी को उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर तेईस सौ करोड़ की लागत से केन्द्र स्थापित किया जायेगा और इससे तीस हजार से अधिक रोजगार का सजन होगा

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि आगामी इकतीस दिसम्बर तक प्रदेश क हर गांव और मजरे को ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा इसी के साथ प्रदेश में शत प्रतिशत ऊर्जीकरण का काम पूरा हो जायेगा श्री शर्मा ने कल पत्रकारों को बताया कि इकतीस दिसम्बर तक शत प्रतिशत ऊर्जीकृत हो चुके सभी मजरों में कमल ज्योति महाअभियान के तहत छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दीवाली मनायेंगे उन्होंने बताया कि जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब राज्य में एक करोड़ अट्ठारह लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं थे

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने सौभाग्य योजना के रूप में रोशनी पहुंचाने का संकल्प लिया उसी के तहत पूरा प्रदेश ऊर्जीकृत हो जायेगा प्रदेश सरकार ने देश के हर गांव से कम से कम एक व्यक्ति को अगले वर्ष प्रयागराज में होने वाले कुंभ में आमंत्रित करने का फैसला किया है इसके लिये प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न राज्यों में जायेंगे और वहां के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के साथ ही आम लोगों क बीच जाकर उन्हें कुंभ में स्नान हेतु आमंत्रित करेंगे प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिगण गांव के प्रधानों से मिलकर उन्हें स्वयं कुंभ में आने और साथ में गांव के कम से कम एक व्यक्ति को लाने का अनुरोध करेंगे

प्रदेश में मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर तापमान जमाव बिन्दु तक पहुंचने के बाद पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है कल मुजफ्फरनगर में तापमान शून्य पर पहुंच गया था आज यहां पारा शून्य दशमलव एक सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार यहां ठंड का बीस वर्षों का रिकार्ड टूटा है